पुनपुन नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग तीन मीटर ऊपर

प्रदेश में बाढ़ और जलजमाव के कारण नुकसान का आकलन करने के लिए जल्द ही एक केन्द्रीय दल प्रदेश का दौरा करेगा केन्द्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के बाद ये जानकारी दी गयी बैठक में बिहार के ताजा हालात की समीक्षा की गयी साथ ही सभी मंत्रालयों को बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए मांगी गई सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये प्रदेश में मुसलाधार बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक छप्पन लोगों की मौत हुई है भागलपुर गया और कैमूर जिलों में सबसे अधिक इक्कीस लोगों की मौत जाने की खबर है पटना भोजपुर भागलपुर नवादा नालंदा खगड़िया समस्तीपुर लखीसराय बेगूसराय वैशाली बक्सर कटिहार जहानाबाद अरवल और दरभंगा जिलों में लगभग सत्रह लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की सहायता से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है एक हजार एक सौ पैंतीस नावों की मदद से ये दोनों ही एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं बाढ़ प्रभावित जिलों में सत्रह राहत शिविर और दो सौ छब्बीस सामुदायिक रसोई घर संचालित किये जा रहे हैं राजधानी पटना के कंकड़बाग राजेन्द्र नगर सैदपुर संदलपुर बाजार समिति बहादुरपुर मछुआ टोली कदम कुआं लोहानीपुर एसकेपुरी और गर्दनीबाग के निचले इलाकों में अभी भी जलजमाव की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है इन इलाकों में लगभग तीन लाख की आबादी प्रभावित है बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं इन क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है एनडीआरएफ की छह और एस डीआरएफ की दो टीमें साठ मोटर वोट की सहायता से लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी हैं कोयला मंत्रालय द्वारा भेजे गये उच्च क्षमता के पम्पों से आज रात से पानी निकालने का काम शुरू हो जायेगा इन पम्पों की क्षमता तीन हजार गैलन प्रति मिनट है वहीं सम्प हाउस के माध्यम से भी जल निकासी की जा रही है वायु सेना के दो हेलीकॉप्टरों की मदद से प्रभावितों तक पेयजल और खाद्य सामग्री पहुंचायी जा रही है अब तक साढ़े छह हजार फूड पैकट गिराये गये हैं पटना में छह स्थानों पर सामुदायिक रसोई घर का संचालन किया जा रहा है स्वयंसेवी संस्थाएं और पटना विश्वविद्यालय के छात्र भी लगातार लोगों तक राहत पहुंचाने में लगे हुए हैं जलजमाव वाले क्षेत्रों में मरीजों को उनके घरों से अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए चिकित्सा दल और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गयी है तीन सौ इकसठ मरीजों और इकतीस गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया जा चुका है महामारी की आशंका को देखते हुए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी शुरू कर दिया गया है इधर अभी भी प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने राहत सामग्री नहीं पहुंचने और जलजमाव के कारण व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होने की बात कही है

आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि सरकार पानी की निकासी के लिए हर संभव उपाय कर रही है और लोगों तक जरूरी सहायता उपलब्ध करायी जा रही है लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गंगा सोन पुनपुन बूढ़ी गंडक बागमती कमला बलान और कोसी नदी का जलस्तर अधिकतर स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है गंगा नदी बक्सर को छोड़कर लगभग सभी जगह लाल निशान से ऊपर है नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट दीघा घाट और हाथीदह के साथ साथ मूंगेर भागलपूर और कहलगांव में लगातार बढ़ रहा है वहीं सोन नदी पटना के मनेर में लाल निशान से लगभग एक मीटर ऊपर है प्रनपुन नदी पटना के श्रीपालपुर में लाल निशान से लगभग तीन मीटर ऊपर बह रही है इससे बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैलता जा रहा है वहीं बागमती नदी सीतामढ़ी के रून्नी सैदपूर में खतरे के निशान से एक मीटर और कमला बलान मधुबनी के झंझारपुर में चालीस सेंटीमीटर ऊपर है कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुरसेला में लाल निशान से डेढ़ मीटर तक ऊपर है वहीं महानंदा नदी पूर्णियां और कटिहार तथा परमान नदी अररिया में खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज धूप खिलने से लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है हालांकि आज भी उत्तर बिहार और पूर्वी बिहार के कई हिस्सो में रूक रूककर बारिश हो रही है मौसम विभाग के अनुसार आज सबसे अधिक ढ़ेंगरा घाट में छह सेंटीमीटर बारिश हुई वहीं कटिहार तथा गोगरी में तीन तीन सेंटीमीटर और मनिहारी उदाकिश्रनगंज बलतारा और पूर्णियां में दो दो सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान उत्तर और पूर्वी बिहार में कई स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है राष्ट्र महात्मा गांधी की कल डेढ़ सौंवी जयंती मनाएगा देश में और भारतीय द्रतावासों द्वारा विदेशों में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में राष्ट्रपिता को श्रद्वांजलि देंगे वे आश्रम को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने वाली गतिविधियों में शामिल होंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रमुख संदेश था कि स्वच्छता ईश्वर के करीब जाने का रास्ता है

भारी बारिश और बाढ़ के चलते महात्मा गांधी की डेढ़ सौवीं जयंती के अवसर पर प्रदेश में होने वाले सांस्कृतिक आयोजनों को स्थगित कर दिया गया है वहीं बाढ़ प्रभावित स्कूलों में कल गांधी जयंती के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम नहीं आयोजित किये जायेंगे इसके अलावा जल जीवन और हरियाली अभियान का शुभारंभ भी स्थगित हो गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से इसकी शुरूआत करने वाले थे पटना शहर के राजेन्द्र नगर दिनकर गोलम्बर स्थित एक पेट्रोल पम्प पर रिसाव के कारण भीषण अगलगी की घटना के बाद आज शाम वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया दमकल विभाग की टीम आग बूझाने का प्रयास कर रही है भीषण जलजमाव के कारण पूरा इलाका प्रभावित है हादसे में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जतायी जा रही है

प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज किया गया

पुनपुन नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग तीन मीटर ऊपर